प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना के मरीजों के लिए जरूरी और पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध म्ख्यमंत्री के सचिव अमित नेगी ने दी जानकारी उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले विधायकों को अनिवार्य रूप से कराना होगा कोरोना का आरटी पीसीआर टेस्ट

प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जायेगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक जान प्राप्त करेंगे उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिये शिक्षा दी जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख बनाया जाएगा जो विद्यार्थियों के चहमुखी विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन और जान का आकलन समीक्षा तथा विश्लेषण करेगा इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है चिकित्सकीय ऑक्सीजन केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से यह स्निश्चित करने को कहा है कि राज्यों के बीच चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई रोक न लगाई जाये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ राज्य विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के जरिये ऑक्सीजन की निशुल्क आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं वे राज्य के विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से राज्य के अस्पतालों तक ही ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित रखने को कह रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है

यह हर राज्य की जिम्मेदारी है कि अस्पताल में भर्ती प्रत्येक कोविड मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध हो अमित नेगी उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच आज मुख्यमंत्री के सचिव अमित नेगी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर हालात की समीक्षा की उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कोरोना के मरीजो के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं सभी जिलों में वेंटिलेटर्स और अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है

विधायकों को सत्र के दौरान अपने टेस्ट की रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को देनी होगी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी मानसून सत्र के लिए की जाने वाली स्रक्षा व्यवस्था के लिए की गई बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा साथ ही प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों का थर्मल स्कैनिंग की जायेगी सत्र के दौरान मुख्य दवार से ही सदन तक सभी को सैनिटाइज करवाया जाएगा

डॉप्लर रडार रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लैंसडाउन में स्थापित होने जा रहे मौसम का पूर्वान्मान बताने वाले डॉप्लर रडार के लिए रक्षा संपदा मंत्रालय को अनापत्ति जारी करने के निर्देश देने का आश्वासन दिया है इस संबंध में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रम्ख अनिल बलूनी ने रक्षा मंत्री से चर्चा की थी उन्होंने उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्य के लिए मौसम की भविष्यवाणी जानना बहत आवश्यक बताया सांसद बलूनी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में तेजी आई है इसके बाद रक्षामंत्री ले उन्हें आश्वासन दिया इससे पहले सांसद बलूनी ने उत्तराखंड को आवंटित तीन डॉप्लर रडार के विषय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जानकारी ली पौड़ी के लैंसडाउन में जिस स्थान पर डॉप्लर रडार को स्थापित होना है वहां कैंट बोर्ड की भूमि है और रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए आवंटित अन्य दो डॉप्लर रडार टिहरी जिले के स्रकंडा और नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थापित किये जा रहे हैं

जिलाधिकारी रंजना राजग्रु ने इसके लिए जल निगम जल संस्थान को स्वजल कार्ययोजना बनाकर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिये हैं जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिले में किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा की उन्होंने कहा कि पेयजल निगम जल संस्थान और स्वजल के अधिकारी जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी को पाइपलाइनों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सामन्जस्य से कार्य करें

डीएम निरीक्षण टिहरी में कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित मीनू के अन्सार नाश्ता उपलब्ध नहीं कराने पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये हैं जिलाधिकारी ने सुरसिंगधार के नर्सिंग कालेज में बनाये गए कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया इस दौरान जिलाधिकारी ने कैंटीन संचालक द्वारा नाश्ते में परोसे गए छोले भठूरों पर नाराजगी जताई जो मरीजों के लिए चस्पा किये गए मीनू में शामिल नहीं था जिलाधिकारी ने कैंटीन संचालक के उस दिन का भ्गतान न करने के निर्देश दिये प्रदूषण विभाग की सख्ती हरिदवार जिले के उन अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने क्षेत्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट की अन्मति नहीं ली है

आपको बता दें अस्पतालों से निकलने वाला बायो मेडिकल वेस्ट का कलेक्शन और निस्तारण होना जरूरी है ताकि अस्पतालों में साफ सफाई बनी रहे और बॉयो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण हो सके प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी राजेन्द्र सिंह का कहना है कि अस्पतलों को बोर्ड से अन्मति लेना जरूरी है

यह दिवस वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले वन रक्षकों की याद में मनाया गया इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक उपस्थित थे